कोविड महामारी के ख़िलाफ़ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज विंध्याचल क्षेत्र के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की वर्चुअल माध्यम से आधारशिला रखी प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर ग्रामीण जल और स्वच्छता समिति के सदस्यों से बातचीत भी की श्री मोदी ने कहा कि इन योजनाओं से हर घर नल जल परियोजना को और गति मिलेगी

इस दौरान देश में दो करोड़ साठ लाख से ज्यादा परिवारों को उनके घरों में नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का इंतजाम हो चुका है आज जो परियोजनाएं शुरू हो रही हैं उससे भी इस अभियान को और गति मिलेगी इसके अलावा अटल भूजल योजना के तहत पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए जो काम हो रहा है वो भी इस क्षेत्र को बहुत मदद करने वाला है श्री मोदी ने कहा कि इस योजना से लाखों परिवारों को न सिफ साफ पानी मिलेगा बल्कि लोगों को कई बीमारियों से बचाव में भी मदद हासिल होगी उन्होंने कहा कि जनभागीदारी से किसी भी योजना को सफल बनाया जा सकता है श्री मोदी ने कहा कि पाइप क जरिए शुद्ध पेय जल की सुविधा मिलने से विंध्यांचल और बुंदेलखंड की तस्वीर बदलेगी बाइट विंध्याचल हो बुंदेलखंड हो ये पूरा क्षेत्र संसाधनों के बावजूद अभाव का क्षेत्र बन गया है इतनी नदियां होने के बावजूद इसकी पहचान सबसे अधिक प्यासे और सूखा प्रभावित क्षेत्रों की ही रही है जब यहां के तीन हजार गांवों तक पाइप से पानी पहुंचेगा तो चालीस लाख से भी ज्यादा साथियों का जीवन बदल जाएगा इससे यूपी को देश के हर घर तक जल पहुंचाने के संकल्प को भी एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विंध्य क्षेत्र के चहमुखी विकास के लिए लगातार प्रयासरत है बाइट विध्यांचल क्षेत्र में बरसों से लटकी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ बंजर जमीन पर किसान सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करके अतिरिक्त कमाई कर सके इसके लिए भी मदद की जा रही है हमारा अन्नदाता ऊर्जादाता बने वो अन्न पैदा करता है लोगों का पेट भरता है अब वो अपने ही खेत में उसके साथ साथ ऊर्जा भी पैदा कर सकता है और लोगों को प्रकाश भी दे सकता है हम विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं इस कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन परियोजनाओं से मिर्ज़ापुर और सोनभ्रद ज़िलों के करीब तीन हजार गांवों के लोगों को फायदा मिलेगा बाइट इसमें नौ पाइप पेय जल परियोजनाएं जनपद मिर्जापुर की और चौदह पाइप पेयजल की परियोजना जनपद सोनभद्र की हैं

राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने शिक्षकों और विद्यार्थियों पर ज़ोर दिया है कि वह योग और खेल को अपने जीवन का हिस्सा बनायें श्रीमती पटेल आज राजभवन में लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी दिवस समारोह के मौक पर कुलपति आलोक कुमार राय के नेतृत्व में आये दो सौ सदस्यीय दल को सम्बोधित कर रही थीं यह सभी लोग विश्वविद्यालय परिसर से राजभवन तक पद यात्रा करके आये थे श्रीमती पटेल ने शैक्षिक यात्रा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को शैक्षिक यात्रा पर जाने का अवसर देना चाहिए ताकि उनमें नया जानने और नया सीखने का न सिर्फ़ रूझान पैदा हो बल्कि उनमें आत्मविश्वास और नेतृत्व का गुण भी विकसित हो सके राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों में ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे आदिवासी ग्रामीण और सभी परिवेश के विद्यार्थी बग़ैर किसी तनाव के अपनी पढ़ाई कर सकें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

अयोध्या के प्रसिद्ध कार्तिक पूर्णिमा मेले के प्रथम चरण में आज आधी रात एक बजकर छप्पन मिनट पर चौदह कोसी परिक्रमा शुरू होकर कल सोमवार को रात दो बजकर पचास मिनट पर संम्पन्न होगी इस बीच ज़िला प्रशासन ने कहा है कि इस दौरान स्थानीय लोग ही परिक्रमा कर सकेंगें और बाहर से आने वाले श्रद्धाल्ओं से अयोध्या न आने की अपील पहले ही की जा चुकी है

बाहर से आने वाले सभी लोगों के नगर प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है हालांकि अयोध्या म कार्तिक मेला शुरू हो चुका है यह मेला तीस नवम्बर पूर्णिमा स्नान तक जारी रहेगा इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मज़बूत बनाते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बलों के साथ साथ एटीएस कमांडो भी तैनात किये गये हैं प्रदेश में कई स्थानों से आज गोपाष्टमी पर्व के श्रद्वा और उल्लासपूर्वक मनाये जाने के समाचार मिल रहे हैं मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मिर्ज़ापूर के टांडा फाल स्थित गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण किया और गोपाष्टमी कार्यकम में शामिल हुए

इस अवसर पर श्री योगी ने गोपालन प्रोत्साहन से संबंधित योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि गाय के दूध से कुपोषण से भी आसानी से मक्ति पाई जा सकती है इस दौरान श्री योगी ने ग्यारह कुपोषित परिवारों को गायें दान में दीं कार्यक्रम में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह भी मौजूद थे ऊर्जा मंत्री श्रोकान्त शर्मा ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्म स्थान में दर्शन कर देश और प्रदेश को उन्नति और सभी के आरोग्य होने की कामना की श्री शर्मा ने प्रदेशवासियों को गोपाष्टमी की शुभकामनाएं दी रामपुर में कोसी मन्दिर के पास स्थित गौशाला में गोपाष्टमी कार्यक्रम में प्रदेश के जल शक्ति राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने शामिल होकर पूजा अर्चना की कार्यकम में ज़िलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह भी शामिल हुए सिद्धार्थनगर जिल में गोपाष्टमी के अवसर पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने ज़िले में बने गो संरक्षण केन्द्रों का निरीक्षण किया इस अवसर पर श्री पाल ने कुपोषण के शिकार बच्चों के पांच परिवारों को गो धन दान में दिया इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए श्री पाल ने कहा कि गोवंश जहां एक ओर हमारी सांस्कृतिक परंपरा में महत्वूपर्ण स्थान रखती है वहीं यह हमारे देश की कृषि अर्थव्यवथा की प्रतीक है उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार गोसंरक्षण के प्रति काफी संवेदनशील है उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में पांच हजार गोसंरक्षण केन्द्र बनाये गये हैं जिनमें पांच लाख से ज्यादा गो धन संरक्षित किया गया है